मुख्यमंत्री शिमला में आज वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कैम्पा के तहत प्रदेश भर में तालाब बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया और कहा कि इनके निर्माण से वनों में नमी बनी रहेगी जिससे वनों को आग से भी सुरक्षित रखा जा सकेगा मुख्यमंत्री ने वनों में आग की घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए महिला मण्डलों और स्वयं सहायता समूहों को शामिल कर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए वनमंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष बंदरों को पकड़ने और नसबंदी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा

सरवीण चौधरी मण्डी जिले के लाल बहादुर शास्त्री मैडिकल कॉलेज नेरचौक में आज एक कार्यशाला लगाई गयी

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और गरीबों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं सरवीण चौधरी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चैक और स्वच्छता पुरस्कार भी प्रदान किए विक्रम उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा है कि उद्योगों को सुविधाजनक बनाने और उन्हें सक्षम वातावरण देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है सोलन जिले के बद्दी में सीआईआई की हिमाचल इकाई द्वारा आयोजित कॉनक्लेव में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आदर्श माहौल बनाना है विक्रम सिंह ने कहा कि उद्योगों को नियमित व्यापार गतिविधियों को आगे बढ़ाकर राज्य व केंद्र सरकार के कौशल विकास मिशन में योगदान देना चाहिए

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेश विधानसभा में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार ने न केवल प्रदेश को स्वतंत्र दर्जा प्रदान करने के लिए संघर्ष किया अपित् प्रदेश में सुदृढ़ विकास की नींव रखी

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए एकजुट होकर कार्य करना ही इस महान नेता को सच्ची श्रद्वांजलि होगी इस अवसर पर डॉक्टर परमार के जीवन चरित्रों पर प्रस्तुति भी दी गई विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने डॉक्टर परमार को जन नेता बताया इससे पहले मुख्यमंत्री ने रिज मैदान स्थित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की श्रद्वांजलि राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शहीद सिपाही विजय कुमार को श्रद्वांजलि दी है विजय कुमार बीते कल जम्मू कश्मीर के बारामुला जिले के सोपोर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के वीर जवान ने देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि देश व प्रदेश विजय कुमार के बलिदान को हमेशा याद रखेगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना व शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है

इसके तहत सोलन पुलिस ने प्रदेश में नशे की सप्लाई करने वाला एक अफ्रीकन नागरिक लाडोकैबरेज दिल्ली से गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों चिट्टे के साथ पकड़े गए एक युवक से इस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली थी उन्होंने कहा कि चिट्टे के खिलाफ चलाए गए अभियान में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है कार्यशाला कुल्लू में उद्योग विभाग की ओर से आज एक कार्यशाला लगाई गई इस अवसर पर एडीएम अक्षय सूद ने युवाओं से मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना और अन्य अनुदान योजनाओं का लाभ उठाकर अपने उद्यम शुरू करने की अपील की उन्होंने कहा कि ऐसा कर युवा न केवल अपने लिए रोजगार के साधन जुटाएंगे बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं